केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा रेडियो जीवन का अभिन्न अंग है

उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनैतिक दलों से कहा है कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लंबित मुकादमों का ब्यौरा अपनी बेवसाइट पर अपलोड करें न्यायमूर्ति एफ नरीमन की पीठ ने राजनीति के अपराधीकरण से जुड़ी अवमानना याचिका पर यह आदेश देते हये कहा है कि राजनीतिक दल बेवसाइट पर यह कारण भी बताये कि ऐसे उम्मीदवारों का चयन क्यों किया गया जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं

केन्द्र एलपीजी केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में रसोई गैस की कीमते अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप तय की जाती है वर्तमान में हुई वृद्धि इसी का कारण है पेट्रोलियम मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि पिछले महीने एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल आया था सरकार रसोई गैस पर सब्सिडी देती है

इससे उपभोक्ताओं पर बढ़ी हुई कीमतों का कोई असर नहीं पड़ेगा

विधानसभा सचिवालय ने इस सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है

इसके साथ ही विभाग वार अनुदान मांगों पर भी सदन में चर्चा कर इन्हें पारित किया जायेगा

दिल्ली कॉन्फ्रेंस मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास द्वारा कल नई दिल्ली में इंडस्ट्रियल राउंड टेबल कॉफ्रेंस का आयोजन किया जायेगा मुख्यमंत्री कमलनाथ कॉफ्रेंस को प्रमुख रूप से संबोधित करेंगे विभिन्न विषयों पर कई प्रमुख विभागों के अधिकारी इस कॉफ्रेंस के अलग अलग सत्रों को संबोधित करेंगे इस कॉफ्रेंस में टेक्सटाइल और खाद्य संस्करण क्षेत्र की कंपनियों के प्रमुख शामिल होंगे

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कल भोपाल में हुई एक बैठक में पर्यटन स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार की योजना बनाने के निर्देश भी दिये गये हैं बैठक में पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने पर्यटन संबर्द्वन परिषद में समन्वय के लिए दो समन्वयकों की नियुक्ति का सुझाव भी दिया है नई ट्रेन आईआरसीटीसी इन्दौर से वाराणसी के बीच तीसरी निजी ट्रेन की शुरूआत करने जा रहा है

पूरी तरह से वातानुकूलित यह सुपरफास्ट ट्रेन सप्ताह में तीन दिन उज्जैन भोपाल के संत हिरदाराम नगर बीना झांसी से होकर गुजरेगी श्रद्वालुओं की सुविधा की दृष्टि से आरंभ की जा रही ये ट्रेन तीन ज्योर्तिलिंगों ओंकारेश्वर महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ को जोड़ेगी

इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संदेश में कहा कि रेडियो जीवन का अभिन्न अंग बन गया है दूर दराज के गांव खेतों और जंगलों में सूचना और संगीत का यह एक मात्र सहारा है लोग अब फोन पर भी रेडियो सुन रहे हैं मन की बात के कारण यह अधिक लोकप्रिय हो गया है

एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन खान पान पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

इनमें तीन की हालत गंभीर है पांच घायलों को हमीदिया और चार को रेलवे अस्पताल में भर्ती किया गया है रेल प्रशासन ने इस हादसे की जांच के आदेश दिये हैं और एहतियात के तौर पर ब्रिज को बंद कर दिया गया है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है उन्होंने घायलों को समुचित सहायता के निर्देश भी दिये हैं नये एफएम चैनल आकाशवाणी जल्द ही दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता से चार नये एफएम न्यूज चैनल शुरू करेगा आकाशवाणी की प्रमुख महानिदेशक ईरा जोशी ने आज नई दिल्ली में क्षेत्रीय समाचार एकांशों की बैठक में यह जानकारी दी

इसमें देश भर के साथ ही विदेशों में स्थित समाचार एकांशों के अधिकारी भाग ले रहे हैं

इस अवसर पर संस्कृति मंत्री विजय लक्ष्मी साधौ ने अंतर्राष्ट्रीय सेरेमिक कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया

उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों से व्यक्ति्व का विकास होता है

जिसमें भोपाल स्थित शासकीय कार्यलयों के आहरण अधिकारी शामिल होंगे